मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस नये जिले का उद्घाटन किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग जिला बन जाने से इस दूरस्थ क्षेत्र के विकास को ही गति नहीं मिलेगी बल्कि इसकी समृद्ध संस्कृति को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा उन्होंने घोषणा की कि इस नए जिले में पसान राजस्व सर्किल के तहत आने वाले गांवों को भी शामिल किया जाएगा मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के सुझाव पर हर साल नये जिले के मुख्यालय में अरपा महोत्सव मनाने की घोषणा भी की इससे पहले मुख्यमंत्री ने गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का लोकार्पण किया श्री बघेल ने कार्यक्रम में गौरेला के टिकर में आदिम जाति कल्याण विभाग के नवनिर्मित पांच सौ सीटों वाले छात्रावास भवन का लोकार्पण करने के अलावा गौरेला केवंची मार्ग पर बनने वाले दो उच्च स्तरीय पुलों का भूमिपूजन भी किया गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले की घोषणा की थी नवगठित जिले में तीन तहसील और तीन विकासखण्ड गौरेला पेण्ड्रा तथा मरवाही शामिल होंगे इनमें एक सौ छियासठ ग्राम पंचायतें दो सौ बाईस गांव और दो नगर पंचायत गौरेला तथा पेण्ड्रा समाहित होंगी इस नवगठित जिले में मरवाही विधानसभा के दो सौ गांव कोटा विधानसभा के पच्चीस कोरबा लोकसभा क्षेत्र के दो सौ और बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के पच्चीस गांव समाहित हैं इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी विधायक रेणु जोगी सहित बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित थे

जबकि छह अन्य जवान घायल हुए हैं घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहीं मुठभेड़ में एक माओवादी भी मारा गया है पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पामेड़ क्षेत्र से सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के जवान आज सुबह तलाशी अभियान पर निकले थे इसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी जवानों द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई दोनों ओर से हुई गोलीबारी में दो जवान शहीद हो गए जबकि छह अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं वहीं मुठभेड़ में एक माओवादी भी मारा गया जिसका शव बरामद कर लिया गया है मुठभेड़ के बाद माओवादी घने जंगल का फायदा उठाकर वहां से भाग गए घटना के बाद क्षेत्र की तलाशी में भारी मात्रा में हथियार और माओवादी सामग्रियां बरामद की गई हैं वहीं बीजापुर जिले में तीन कमांडर सहित सात माओवादियों ने आज पुलिस अधीक्षक दिध्यांग पटेल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया इनमें से तीन माओवादियों पर नौ लाख रूपये का इनाम घोषित था आत्मसमर्पित सभी माओवादियों पर मुठभेड़ विस्फोट हत्या सहित कई गंभीर वारदातों में शामिल रहने का आरोप है पुलिस अधीक्षक ने आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओंवादियों को दस दस हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की उधर सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने पांच किलो का विस्फोटक बरामद किया है सीआरपीएफ के डीआईजी योज्ञान सिंह ने बताया कि कल शाम तलाशी अभियान पर निकले सीआरपीएफ के जवानों ने मिनपा के जंगलों से विस्फोटक को बरामद किया जिसे बम निरोधक दस्ते ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया

एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का उद्देश्य देश की विविधता में एकता पर जोर देकर सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के बीच सम्पर्क से राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत बनाना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष दो हजार पंद्रह में राष्ट्रीय एकता दिवस के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक सम्पर्क बढ़ाने का विचार सामने रखा था एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत छत्तीसगढ़ की जोड़ी गुजरात के साथ बनाई गई है इसी के तहत केंद्रीय विद्यालय दुर्ग में नवंबर दो हजार उन्नीस से गुजरात से संबंधित संस्कृति भाषा आदि गतिविधियों का निर्वहन सप्ताह में एक बार किया जाता है

इस दिन नव निर्वाचित पंच और सरपंच अपना पदभार ग्रहण करेंगे कल पहले सम्मलेन के साथ ही उप सरपंच के निर्वाचन के लिए पंचों को सूचना जारी की जाएगी चौबीस फरवरी को उप सरपंच का निर्वाचन होगा महासमुंद जिले में उप सरपंच के निर्वाचन के लिए पंचायत का सम्मेलन बीस फरवरी को होगा जिले के बसना पिथौरा बागबाहरा और महासमुंद जनपद पंचायत में ग्राम पंचायतों का पहला सम्मेलन अट्ठाईस फरवरी को और सरायपाली जनपद पंचायत में तीन मार्च को आयोजित किया जाएगा वहीं जनपंद पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन आगामी तेरह फरवरी को होगा

माघी पुन्नी मेला शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि महानदी पैरी और सोंढूर के त्रिवेणी संगम पर राजिम माधी पुन्नी मेला के लिए पच्चीस एकड़ जमीन चिन्हांकित कर ली गई है अब आने वाले साल यह मेला सुध्यवस्थित ढंग से आयोजित किया जाएगा यह बात मुख्यमंत्री ने कल राजिम माधी पुन्नी मेला के श्भारंभ अवसर पर कही उल्लेखनीय है कि माघ पूर्णिमा से शुरू हुआ यह मेला इक्कीस फरवरी महाशिवरात्रि के दिन तक चलेगा बस्तर ओलंपिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आगामी मार्च अप्रैल माह में बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा यह घोषणा मुख्यमंत्री ने कल कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में आयोजित लयांग लयोर करसाना पण्डुम जिला स्तरीय शारीरिक बौद्धिक और सांस्कृतिक खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित करते हुए की उन्होंने कहा कि कांकेर जिले में हर साल लयांग लयोर करसाना पण्डुम खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा

समारोह का उद्घाटन फिल्म समीक्षक अजीत राय और छत्तीसगढ़ फिल्म तथा विजुअल आर्ट सोसायटी के अध्यक्ष सुभाष मिश्र ने किया फिल्म समारोह के पहले दिन आज राष्ट्रकवि रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन पर बनी फिल्म थिंकिंग ऑफ हिम का प्रदर्शन किया गया फिल्म का निर्देशन अर्जेंटीना के पाब्लो सीजर ने किया है इस फिल्म में विक्टर बैनर्जी ने मुख्य भूमिका निभाई है इसके अलावा तीन अन्य शार्ट फिल्मों का भी प्रदर्शन किया गया यह फिल्म समारोह आगामी चौदह फरवरी तक चलेगा

घायलों को केशकाल के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है